उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि उपयोग योजना और मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि तूफान जल निकासी केबल तारों और पाईपों की समुचित व्यवस्था व सड़कों का उचित स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने सड़कों और पुलों के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखने व सतलुज ब्यास रावी सहित यमुना बेसिन के लिए नदीवार मास्टर प्लान विकसित करने पर भी बल दिया इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के ग्णवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के लिए फेसबुक और टवीटर की शुरूआत भी की जयराम ठाकुर ने कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के संदर्भ में फेसबुक और टवीटर आम जनता को मुख्यमंत्री कार्यालय में किसी भी निम्नस्तरीय निर्माण कार्यो के संबंध में सीधे अपनी शिकायतों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडु ने बिलासपुर मण्डी कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में मुख्यमंत्री कार्यालय की गुणवत्ता नियंत्रण टीम के दौरे की प्रस्तुति दी

सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में आज सांसद स्वास्थ्य सेवा शिविर में ये जानकारी दी

इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी मौजूद रहे और उन्होंने सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा वाहन को शुरू करने के लिए अनुराग ठाकुर की सराहना की

वीरेन्द्र कंवर ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए सभी लोगों के सहयोग की जरूरत बताई योजना केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में लोगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाए चलाई जा रही हैं एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से किन्नौर जिले में छोटे और मध्यम उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं

गोविंद ठाक्र परिवहन और युवा सेवाएं व खेलमंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सिरमौर जिले के बड़ू साहिब खेल स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार धनराशि मुहैया करवाएगी

गोविंद ठाकर ने कहा कि प्रदेश सरकार हैंडबॉल खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और इसके लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा सूजित किया जाएगा उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को अपने प्रदेश की संस्कृति वेशभूषा और रहन सहन के आदान प्रदान का मौका मिलता है

ये जानकारी आयोग के एक प्रवक्ता ने दी है ऐप्प सिरमौर के उपायुक्त ललित जैन ने लोगों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए माई डीसी ऐप्प तैयार की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में इस ऐप्प का शुभारम्भ किया था ललित जैन ने कहा कि माई डीसी ऐप्प को लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उन्होंने कहा कि उपायुक्त कार्यालय में इसकी हर दिन मॉनिटरिंग की जाएगी और ऐप्प के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी

बैंक के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान बैंक के लेखा जोखा व अंकेक्षण पत्रों सहित अन्य सम्बंधित विषयों पर चर्चा की जाएगी

नमस्कार